कोविड मरीजों को आखिर के एक घंटे में मतदान के लिए समय दिया गया है चुनाव आयोग ने स्वतंत्र व निष्पक्ष चूनाव के लिए सभी प्रबंध किए हैं

चुनाव परिणाम देर शाम आज ही घोषित कर दिए जाएंगे

कोरोना महामारी के चलते चुनाव आयोग द्वारा मतदान के दौरान जारी एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए है इस बीच कुल्लू से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भारी ठंड के बावजूद मतदान के प्रति लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और सुबह से ही लोग कतार में खड़े हैं

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार कमी आ रही है और अब पर्यटन कारोबार भी बढ़ने लगा है धर्मशाला में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के दौरान संक्रमण न बढ़े इसके लिए सरकार पूरी एहतियात बरत रही है पौंग बांध क्षेत्र में बर्ड फलू के चलते प्रवासी पक्षियों की मौत के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं क्षेत्र में पशुओं को छोड़ने और खेतीबाड़ी संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई गई है जयराम ठाकुर ने कहा कि बर्ड फ्लू से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए ज़िला प्रशासन और पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं

इस दिवस का उद्देश्य विश्व में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिये जागरूकता पैदा करना तथा हिन्दी को अन्तरराष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है

प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर में वृद्धि लगातार जारी है

कांगड़ा के करेरी से उत्तर पूर्व में दस किलोमीटर की गहराई में इसका केंद्र था हालांकि इससे जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग ख़बरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल में नए साल का तीसरा भूकंप अब कांगड़ा में लगे झटके दैनिक जागरण का कहना है कांगड़ा में भूकंप के झटके करेरी रहा केंद्र बिंदु

पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल में मुर्गियों में बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं आपका फैसला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है बर्ड फ्लू को लेकर छेड़ा जाएगा अभियान

दैनिक जागरण की एक अन्य ख़बर है पौंग झील में बढ़ेगी मोटर बोट की संख्या मूलिंग में गिरा हिमखंड केलंग सड़क अवरूद्व आपका फैसला की एक अन्य खबर है